राष्ट्रव्यापी मतदाता सत्यापन कार्यक्रम आज से शुरू छत्तीसगढ़ में पहले दिन करीब पचास हजार मतदाताओं के सत्यापन का लक्ष्य

प्रदेशभर में आज श्रद्धा और भक्ति के साथ मनाया जा रहा है सुहागिनों का त्यौहार हरितालिका तीज

इसके तहत यातायात नियमों के उल्लंघन के लिए आर्थिक दंड बढाया गया है छत्तीसगढ़ के विशेष पुलिस महानिदेशक आरके विज ने पत्रकारवार्ता में बताया कि देश में बढ़ती द्र्घटनाओं और मृत्यू दर को देखते हुए उसमें सजा के कड़े प्रावधान किए गए हैं इसके तहत गति सीमा से अधिक गति से वाहन चलाने पर हल्के वाहन को एक से दो हजार रूपये और मध्यम वाहन को दो से चार हजार रूपये तक जुर्माने के साथ ही ड्राइविंग लाइसेंस जब्त करने का प्रावधान है जब्त लाइसेंस तब तक वापस नहीं किए जाएंगे जब तक डायविंग रिफ्रेशर टेनिंग कोर्स पुरा नहीं कर लिया जाता खतरनाक ढंग से वाहन चलाने के लिए एक से पांच हजार रूपये की पेनाल्टी के साथ साथ छह माह से एक साल की जेल की सजा का प्रावधान किया गया है श्री विज ने यह भी बताया कि लाल बत्ती का उल्लंघन करने पर आर्थिक दंड एक हजार रुपये से बढ़ाकर पांच हजार रुपये कर दिया गया है वहीं सीट बेल्ट के बिना वाहन चलाने पर अब सौ रुपये की जगह एक हजार रुपये भरने होंगे शराब पीकर वाहन चलाने पर दस हजार रुपये भरने होंगे इसी तरह बिना लाइसेंस ड्राइविंग पर पांच हजार रुपये का जुर्माना लगेगा बीमा की प्रति के बिना वाहन चलाने पर दो हजार रुपये भरने होंगे किशोर के गाड़ी चलाने पर उसके अभिभावक और वाहन के मालिक को दोषी माना जाएगा इसके लिए पच्चीस हजार रुपये आर्थिक दंड के साथ तीन वर्ष के कारावास की सजा होगी हेलमेट के बगैर दोपहिया वाहन चलाने पर पहली बार पांच सौ रुपये और दोबारा ऐसा करने पर डेढ़ हजार रुपये का आर्थिक दंड देना होगा और दोपहिया वाहन पर तीन सवारी ले जाने पर सौ रुपये की जगह पांच सौ रुपये भरने होंगे मतदाता सत्यापन कार्यक्रम राष्ट्रव्यापी मतदाता सत्यापन कार्यक्रम आज से शुरू हो गया है यह कार्यक्रम पंद्रह अक्टूबर तक चलेगा इसका उद्देश्य क्राउड सोर्सिंग यानी मतदाताओं के परिवारों से सुचना लेकर नई मतदाता सुची तैयार करना है इस कार्यक्रम के तहत प्रत्येक परिवार के एक मतदाता को एक उपयोगकर्ता नाम और पासवर्ड दिया जाएगा जिसके सहारे अपना और अपने परिवार के मतदाता पंजीकरण संबंधी दस्तावेज और अन्य विवरण उपलब्ध कराने होंगे इस विवरण का सत्यापान प्रखंड स्तर के अधिकारी करेंगे इस काम में राज्य मुख्यालय स्तर पर छत्तीस मुख्य निर्वाचन अधिकारियों सात सौ चालीस जिला निर्वाचन अधिकारियों और दस लाख से ज्यादा मतदान केन्द्रों अधिकारियों तथा मतदाता पंजीकरण अधिकारियों को लगाया गया है मतदाता सत्यापन में बथ स्तरीय कार्यक्रम के तहत जानकारी ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से दी जा सकेगी मुख्य निर्वाचन आयक्त सुनील अरोडा ने नई दिल्ली में कहा कि मतदाता सुची निर्वाचन आयोग की पुरी व्यवस्था की आधारशिला है उन्होंने सभी नागरिकों से सत्यापन कार्यक्रम में शामिल होने का अनुरोध किया है ताकि आगामी चूनावों में बेहतर सेवाएं दी जा सकें छत्तीसगढ़ के समी जिलों में भी आज से मतदाता सत्यापन कार्यक्रम की शुरूआत हो गई है पहले दिन करीब पचास हजार मतदाताओं का सत्यापन करने का लक्ष्य है मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी सुब्रत साह ने संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों को इस संबंध में जरूरी दिशा निर्देश दिए हैं

इस वर्ष का विषय है पूरक आहार प्रधानमंत्री की संपूर्ण आहार की महत्वपूर्ण योजना पोषण अभियान में विभिन्न मंत्रालयों की भागीदारी है इसके अंतर्गत वर्ष दो हजार बाईस तक कपोषण की समस्या का निदान किया जाना है प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने पिछले सप्ताह आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में कुपोषण का उल्लेख करते हुए कहा था जागरूकता के अभाव में निर्धन और संपन्न दोनों ही तरह के परिवार कुंपोषण के शिकार होते हैं इधर छत्तीसगढ़ में भी राष्ट्रीय पोषण माह के अंतर्गत कार्यक्रमों की शुरूआत हो गई है महिला और बाल विकास मंत्री अनिला भेंडिया ने आज सुपोषण रथों को हरी झण्डी दिखाकर प्रदेश के विभिन्न जिलों के लिए रवाना किया सुपोषण रथ चुने गए जिलों के आंगनबाड़ी और ग्राम पंचायतों में जाकर जन जागरूकता पैदा करने का काम करेंगे

इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के अनुसार दिल्ली में एलपीजी प्रति सिलेंडर की कीमत पांच सौ नब्बे रूपये होगी अगस्त में बिना सब्सिडी वाले रसोई गैस सिलेंडर की कीमत बासठ रूपये पचास पैसे कम की गई थी पिछले दो महीने में गैस सिलेंडर की कीमतों में लगातार कमी के बाद यह बढ़ोतरी की गई है

यह कार्य लोकसभा या विधानसभा चुनाव से किस तरह से अलग है और कोई भी नागरिक मतदाता सूची में अपना नाम कैसे जुड़वा सकता है

पर आधारित हमारे साप्ताहिक कार्यक्रम बातों बातों में के अंतर्गत आज रात साढ़े आठ बजे आकाशवाणी केन्द्र रायपुर से किया जाएगा इसे प्रदेश स्थित आकाशवाणी के सभी केंद्र एक साथ रिले करेंगे दंतेवाड़ा उप चुनाव दंतेवाड़ा विघानसभा सीट पर होने वाले उप चुनाव के लिए कांग्रेस के बाद छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस ने भी अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया है पार्टी ने सुमित कर्मा को अपना उम्मीदवार बनाया है कांग्रेस की ओर से पूर्व विधायक देवती कर्मा को टिकट दिया गया है वहीं भाजपा ने अभी अपने उम्मीदवार के नाम की घोषणा नहीं की है इस बीच नामांकन दाखिले के चौथे दिन भी किसी भी अभ्यर्थी ने नामांकन पत्र दाखिल नहीं किया भारत निर्वाचन आयोग द्वारा घोषित निर्वाचन कार्यक्रम के मुताबिक चार सितंबर को दोपहर तीन बजे तक नामांकन पत्र भरे जा सकते हैं पांच सितंबर को नामांकन पत्रों की जांच होगी वहीं सात सितंबर को दोपहर तीन बजे तक नाम वापस लिए जा सकेंगे तेईस सितंबर को सुबह सात से दोपहर तीन बजे तक मतदान होगा तीज गणेश चतुर्थी सुहागिनों का पंवित्र त्यौहार हरितालिका तीज आज प्रदेशभर में श्रद्धा और भक्ति के साथ मनाया जा रहा है छत्तीसगढ़ में इसे तीजा के रूप में मनाया जाता है इस दिन सुहागिनें निर्जला व्रत रखकर पति की लंबी उम्र की कामना करती हैं इस दिन रेत और मिट्टी से भगवान शिव का लिंग स्थापित कर फुलेरा बनाया जाता है और विधि विधान से देवी पार्वती के संग महादेव की पूजा की जाती है आज घरों के अलावा शिव मंदिरों में भी आकर्षक रूप से फूलों से सजे फूलेरा स्थापित किए गए हैं जहां भजन कीर्तन का भी आयोजन किया जा रहा है राज्यपाल अनुसुईया उइके और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने हरितालिका तीज की बधाई और शुभकामनाए दी हैं कल गणेश चतुर्थी है विघ्नहर्ता भगवान श्री गणेश कल विराजेंगे ग्यारह दिन तक चलने वाले गणेश उत्सव की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं घरों के अलावा चौक चौराहों में पंडाल लगाकर भगवान श्री गणेश की प्रतिमाएं स्थापित की जाएंगी मौसम प्रदेश में अगले चौबीस घंटों के दौरान अधिकांश स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है वहीं मौसम विभाग ने कुछेक स्थानों पर भारी वर्षा की चेतावनी भी दी है मिली जानकारी के मुताबिक समुद्र तल पर एक द्रोणिका और कम दबाव का क्षेत्र बने होने के कारण छत्तीसगढ़ में भी इसका असर देखा जा रहा है पिछले चौबीस घंटों के दौरान प्रदेश के सभी संभागों में अनेक स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा दर्ज की गई तोकापाल और माना रायपूर में सर्वाधिक सात सेंटीमीटर वर्षा दर्ज हुई है संक्षिप्त समाचार रायगढ़ में पैंतीसवां चक्रघर समारोह कल से शुरू हो रहा है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल शाम सात बजे रामलीला मैदान में इस समारोह का शुभारंभ करेंगे नवा रायपुर अटल नगर में राजभवन सहित मुख्यमंत्री मंत्रियों और अधिकारियों के लिए आवास का निर्माण किया जाएगा लोक निर्माण मंत्री ताम्रध्वज साहू ने कल प्रस्तावित स्थल का निरीक्षण कर अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए राजधानी रायपुर में संतानवे पुलिसकर्मियों का तबादला किया गया है सुकमा जिले के बुरकापाल इलाके से सुरक्षा बलों ने माओवादियों द्वारा लगाए गए पांच पांच किलो के दो आईईडी बरामद किए हैं बिलासपुर जिले की ग्राम पंचायत कोटखर्रा के लखनवाही में तालाब में डूबने से दो बालिकाओं की मौत हो गई मुंगेली जिले के सरगांव थाना क्षेत्र में हुए एक सड़क हादसे में दो लोगों की मृत्यु हो गई गरियाबंद जिले में जोबा के पास कार के अनियंत्रित होकर पेड़ से टकरा जाने से छह लोग घायल हो गए जांजगीर चांपा जिले के परसदा गांव में करंट लगने से एक किसान की मौत हो गई